नई दिल्ली में संचार और सूचना प्रौदयोगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को बताया कि इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायतों के निपटान के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी नोडल संपर्क व्यक्ति और एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा श्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि अब सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को आपत्तिजनक सामग्री के पहले प्रवर्तक का ख्लासा करना होगा श्री प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग को लेकर विभिन्न चिंताएं सरकार के सामने आई हैं आपको ये बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी और ये सब उसी अपराघ के बारे में होगा जहां पांच साल से अधिक की सजा है आई एक्सप्लेन दू यू बाकी उनका एक फिजिकल देश में एड्रेस होगा इसमें आज हम एक और प्रावधान कर रहे हैं कि आपको एक वॉलेंट्री वेरीफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा

द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मस्ट हेव अ प्रोविजन फॉर वॉलेंट्री वेरीफिकेशन मैकेनिजम क्योंकि आप मोबाइल से करते हैं बाकी से करते हैं आपको बताना पड़ेगा दो बातें कहंगा कि अगर कोई अनलॉफूली इनफोरमेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है अगेन इट इज अ कोर्ट ऑर्डर ऑर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स दैट तो आपके लॉ एंड ऑर्डर इंटीग्रेटी ऑफ इंडिया सॉवरेंटी ऑफ इंडिया एसेट्रा एसेट्रा तो आपको उसको हटाना पड़ेगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ओटीटी और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों के नियमन के लिए त्रिस्तरीय तंत्र की भी घोषणा की

न्यूज पोर्टल्स बन गए वैसे ही ओटीपी प्लेटफॉर्म आ गया लेकिन एक फर्क रहा कि जो आप लोग बैठे हैं प्रीटिंग प्रेस से जो आते हैं उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है लेकिन श्रोटीपी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है और इसलिए सरकार ने ये समझा कि एक लेवत प्लेयिंग फील्ड होना चाहिए और इसलिए डिजिटल हो प्रिटिंग हो टीवी हो ओटीटी हो कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा केन्द्र सरकार ने कहा है कि साठ साल से अधिक उम्र के लोगों को अगले महीने की पहली तारीख से कोविड टीका लगना शुरू हो जायेगा पैंतालिस वर्ष से अधिक आयु के लोग जिन्हें अन्य गंभीर बीमारियां हैं उन्हें भी अगले महीने की पहली तारीख से टीका लगना शुरू हो जायेगा सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया है कि यह टीका दस हजार सरकारी अस्पतालों में निशुल्क लगाया जायेगा जबकि बीस हजार निजी टीकाकरण केन्द्रों में लगाये जाने वाले टीकों की कीमत लोगों को स्वयं वहन करनी होगी

उधर प्रदेश में कोरोना के एक सौ इकत्तीस नये मामले आये हैं वहीं इस दौरान दो सौ तीस लोग कोरोना से ठीक हुए अब तक राज्य में क्ल पांच लाख बान्नबे हजार से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं राज्य में कोविड टीकाकरण का कार्य जारी है आज छटे हुए स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गयी कुछ राज्यों में कोविड संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे है इसलिये अत्यधिक साक्वानी बरतने की आवश्यकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की अट्ठाईस तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की चौहत्तरवीं कडी में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया उन्होंने जनवरी मे मन की बात कार्यक्रम में कला संस्कृति पर्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविध विषयों पर प्रकाश डाला था लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं देश में पहली बार आयोजित हो रहे खिलौना मेले को लेकर प्रदेश के लोगों में काफी उत्साह है यह मेला वर्चअल माध्यम से सत्ताईस फरवरी से दो मार्च के बीच आयोजित किया जायेगा यह खिलौना मेला अपनी तरह का अनोखा मेला है इसका उद्देश्य एक ही मंच पर भारतीय खिलौना उद्योग के सभी हित धारकों को इकट्टा करना है अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल स्थानीय खिलौनों के लिए मुखर प्राप्त करने की अपील की थी और देश में खिलौनों की समृद्व परंपरा का उल्लेख किया था उनके शब्दों से प्रेरित होकर खिलौना निर्माता इंडिया टॉय फेयर दो हजार इक्कीस में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं